मुख्य समारोह राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के राजपथ पर आयोजित किया गया जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली गणतंत्र दिवस समारोह में देश की सैन्य शक्ति सांस्कृतिक विविधता तथा सामाजिक और आर्थिक प्रगति का भव्य प्रदर्शन किया गया समारोह में बत्तीस झांकियां प्रदर्शित की गई जिनमें से सत्रह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की नौ विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा अर्धसैनिक बलों की और छह रक्षा मंत्रालय की थीं इनमें छत्तीसगढ़ के पारंपरिक वाद्य यंत्रो पर आधारित झांकी भी शामिल थीं इस झांकी को लोगों ने न केवल बड़ी उत्सुकता के साथ देखा बल्कि इसकी सराहना भी की यह झांकी देशभर के लोगों के आकर्षण का केन्द्र बनी रही यह झांकी छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार की गई है इसमें छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाले लोक वाद्यों को उनके सांस्कृतिक परिवेश के साथ खूबसूरत ढंग से दिखाया गया है झांकी में इसके अलावा अलगोजा खंजेरी नगाड़ा टासक बांस बाजा चिकारा सिंह बाजा और तम्बूरा को भी शामिल किया गया गणतंत्र दिवस समारोह के तहत कार्यक्रमों की शुरूआत आज सुबह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्वासुमन अर्पित करने के साथ हुई इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा ध्वजारोहण किया गया राष्ट्रगान के बाद इक्कीस तोपों की सलामी दी गई इस साल कोरोना महामारी की वजह से परेड के गुजरने के मार्ग को छोटा कर दिया गया था परेड की शुरूआत हमेशा की तरह विजय चौक से हुई लेकिन यह लालकिले की बजाय नेशनल स्टेडियम में जाकर संपन्न हुई कोरोना संक्रमण की वजह से इस वर्ष किसी दूसरे देश के गणमान्य व्यक्ति को मुख्य अतिथि भी नहीं बनाया गया था समारोह में कोविड महामारी से संबंधित एहतियात के सभी उपायों का पालन किया गया

मुख्य समारोह राजधानी रायपुर के पुलिस परेड मैदान में आयोजित किया गया यहां राज्यपाल अनुसुईया उइके ने तिरंगा फहराकर परेड का निरीक्षण कर सलामी ली इस मौके पर छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल जैसे बीएसएफ सीआरपीएफ सीआईएसएफ आईटीबीपी और एसएसबी की ट्कड़ियों के साथ ही छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल जिला पुलिस बल और नगर सेना की टुकड़ियों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया गणतंत्र दिवस समारोह को संबोधित करते हुए सुश्री उइके ने कहा कि जनता की आशाओं और अधिकारों के संरक्षक के रूप में संविधान ने अपनी सार्थकता स्वयं सिद्ध की है

वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर के लालबाग परेड मैदान में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारा संविधान किसानों ग्रामीणों और आम जनता का सबसे बड़ा संरक्षक है उन्होंने कहा कि संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकारों की सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री ने कोरोना वैक्सीन की खोज करने वाले वैज्ञानिकों को नमन किया और प्रदेश में टीकाकरण अभियान सफल बनाने के लिए सहयोग मांगा श्री बघेल ने यह भी कहा कि दूरसंचार टावर और हवाई सेवाओं से बस्तर में एक नये यूग की शुरूआत होगी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बस्तर के दो सौ सैंतीस कोरोना वॉरियर्स अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया

गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने महासमुंद में तिरंगा फहराया इस दौरान उन्होंने शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया समारोह के बाद श्री साहू ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने अंजोर रथ को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया वहीं पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने बलौदाबाजार भाटापारा में कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने दुर्ग में वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने राजनांदगांव में महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया ने रायगढ़ में और उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कांकेर में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली अन्य जिला मुख्यालयों में भी मंत्रियों और संसदीय सचिवों ने ध्वजारोहण किया

राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज सुबह राजभवन में ध्वजारोहण किया वहीं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति पीआर रामचंद्र मेनन ने तिरंगा फहराया विधानसभा सचिवालय में प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गगराड़े ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली इस बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेष अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने रायपुर स्थित प्रदेष कार्यालय कुषाभाऊ ठाकरे परिसर में और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने एकात्म परिसर में ध्वजारोहण किया वहीं कांग्रेस के प्रदेष कार्यालय सहित सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में भी तिरंगा फहराया गया इसी तरह छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने रायपुर के जल विहार कॉलोनी स्थित कार्यालय में ध्वजारोहण किया इधर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर में निदेशक नितिन एम नागरकर ने ध्वजारोहण किया इस अवसर पर उन्होंने कोरोना संकट काल में अपनी सेवाएं देने वाले चिकित्सकों सेवा और सफाई कर्मचारियों को पुरस्कृत किया

इसी तरह भिलाई स्थित बीएसएफ के क्षेत्रीय मुख्यालय में बीएसएफ के महानिरीक्षक जेएसएनडी प्रसाद ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली उधर माओवाद प्रभावित सुकमा जिले के मिनपा इलाके में आजादी के बाद पहली बार सुरक्षा बलों के जवानों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर तिरंगा फहराया इसी तरह आकाषवाणी केन्द्र रायपुर में भी गणतंत्र दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया उप निदेशक अभियांत्रिकी और केन्द्राध्यक्ष जीपी शर्मा ने आकाषवाणी परिसर में ध्वजारोहण किया इस मौके पर आकाषवाणी रायपुर के सभी अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे

छत्तीसगढ़ के पंथी नर्तक डॉक्टर राधेश्याम बारले को कला के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान के लिए चुना गया है

डॉक्टर बारले का जन्म दुर्ग जिले के पाटन तहसील के ग्राम खोला में नौ अक्टूबर उन्नीस सौ छियासठ को हुआ था इन्होंने एमबीबीएस के साथ ही इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से लोक संगीत में डिप्लोमा भी किया है राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डॉक्टर बारले को पद्मश्री सम्मान के लिए चुने जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं सरकार टीकाकरण केन्द्र सरकार ने कहा है कि कोविड नाइंटीन के देशव्यापी टीकाकरण के अंर्तगत अब तक बीस लाख से अधिक लाभार्थियों को टीका लगाया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले चौबीस घंटों में सात हजार सात सौ चौंसठ सत्रों में चार लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया गया इस बीच पिछले चौबीस घंटों में देश में कोरोना संक्रमण से पंद्रह हजार से अधिक लोगों के स्वस्थ होने के साथ ही ठीक होने वालों की दर छियानवे दशमलव नौ प्रतिशत हो गई इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण कम हुआ है लेकिन मृत्यु की संख्या अभी भी अधिक है पंद्रह से इक्कीस जनवरी के बीच प्रदेश में कोरोना से पैंतालीस लोगों की मौत हुई है राज्य स्तरीय डेथ ऑडिट रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि इकहत्तर प्रतिशत मृत्यु कोमार्बिडिटी के कारण जबकि उनतीस प्रतिशत मौतें कोविड के कारण हुई है प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की बैठक में अपर मुख्य सचिव रेणु जी पिल्ले ने जिलों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करने और इसमें सुधार करने संबंधी निर्देश जारी किए हैं मेडिकल कॉलेज अस्पताल रायपुर के स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर ओपी सुंदरानी का कहना है कि होम आइसोलेशन के मरीजों को अपने ऑक्सीजन स्तर की जांच नियमित रूप से करनी चाहिए पीएससी मुख्य परीक्षा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने पीएससी और सिविल जज की मुख्य परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी हैं ये परीक्षाएं आगामी मार्च महीने में आयोजित की जाएंगी पीएससी की मुख्य परीक्षा पंद्रह से अट्ठारह मार्च तक और सिविल जज की मुख्य परीक्षा बाईस मार्च को होगी पीएससी की मुख्य परीक्षा दो सौ तैंतालीस और सिविल जज की परीक्षा बत्तीस पदों के लिए आयोजित की जाएगी परीक्षा के संबंध में और अधिक जानकारी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है

राज्य सरकार इसके तहत लाख उत्पादन और प्राथमिक प्रसंस्करण के लिए किसानों अथवा किसानों के समूहों को अल्पकालीन कृषि ऋण प्रदान करेगी इसमें कुसुम पलाश बेर आदि वृक्षों और सेमियालता आदि फसलों को शामिल किया गया है इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं लाख की खेती को कृषि का दर्जा मिलने से प्रदेश के लगभग पचास हजार किसान लाभान्वित होंगे राज्य में फिलहाल चार हजार पांच सौ टन लाख का उत्पादन होता है इसकी खेती में बड़े पैमाने पर आदिवासी और वनवासी कृषक लगे हुए हैं मुख्यमंत्री बस्तर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जगदलपुर स्थित दलपत सागर जलाशय में आयोजित संभाग स्तरीय नौकायन प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल हुए इस अवसर पर उन्होंने नौकायन प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया और दलपत सागर के सौंदर्यीकरण के लिए तीन करोड़ रूपये देने की घोषणा की समारोह में मुख्यमंत्री ने इंक्यावन करोड़ रूपये के विभिन्न विकास कार्यो का लोकार्पण और भूमिपूजन किया इस दौरान चार हितग्राहियों को वन अधिकार मान्यता पत्र भी प्रदान किए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि दलपत सागर के संरक्षण और सौंदर्यीकरण से उसका पुराना वैभव लौटेगा यह कार्य शासन प्रशासन और सामाजिक संगठनों तथा आम लोगों के सहयोग से किया जाएगा

इनमें तीन इनामी माओवादी भी शामिल हैं इन माओवादियों ने लोन वर्राद्र अभियान से प्रेरित होकर अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण किया पुलिस गौरतलब है कि लोन वर्राटू अभियान के तहत अब तक सत्तर इनामी सहित दो सौ बहत्तर माओवादी आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में जुड़ चुके हैं इधर राजनांदगांव जिले में माओवादियों ने बीती रात दो ग्रामीणों की हत्या कर दी मानपुर के एसडीओपी ने बताया कि पहली घटना जिले के कोहका थाना क्षेत्र की है जहां बीती रात माओवादियों ने एक ग्रामीण को अगवा कर लिया इसके बाद उसकी टंगिया मारकर हत्या कर दी वहीं कामाखेड़ा गांव में भी माओवादियों ने एक अन्य ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया संक्षिप्त समाचार राजनादगांव जिले के मोहला मानपुर विकासखंड के ग्रामीणों ने कल राजभवन में राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की और उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया राज्यपाल ने ग्रामीणों को उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया धमतरी जिले के ग्राम छाती में मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है ग्राम छाती में मुर्गियों की मौत होने के बाद उनके सैंपल को जांच के लिए भोपाल भेजा गया था जिसकी रिपोर्ट पॉजीटिव आई है और बालोद जिले के करहीबदर ग्राम पंचायत के सरपंच ओमकार साहू की लाश ग्राम चिरईगोड़ी के खेत में मिली है